मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की कहा नागरिकता संशोधन कानून पर फैलाए जा रहे भ्रम और बहकावे में न आएं लोग कल प्रदेश भर में आयोजित होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा टी ई टी दो हजार उन्नीस स्थगित

प्रदेश सरकार ने आज राज्य के सभी स्कूलों कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अवकाश घोषित किया दिल्ली की एक अदालत ने उन्नाव दुष्कर्म के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई पच्चीस लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने सुधारों के बल पर भारत को पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में कई काम किए हैं नई दिल्ली में कल एसोवैम के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्ष मे देश ने अपने आप को इतना मजबूत कर लिया है कि बड़े लक्ष्य निर्धारित किये जा सकते हैं और हासिल भी किये जा सकते हैं

प्रधानमंत्री ने कहा कि पांच साल पहले अर्थव्यवस्था विनाश की ओर जा रही थी लेकिन उनकी सरकार इसमें बदलाव कर अनुशासन और सकारात्मकता लेकर आई है श्री मोदी ने कहा कि सरकार किसी चुनौती से डरती नहीं है श्री मोदी ने कहा कि भारत में इस समय ऐसी सरकार है जो किसानों मजदूरों और उद्योग जगत सबको एक समान महत्व देती है उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा उठाये गए सकारात्मक कदमों से तेरह बैंक मुनाफे की राह पर लोट आए हैं छह बैंक बीसीए से भी बाहर निकल चुके हैं हमने बैंकों का एकीकरण भी तेज किया हैं बैंक अब अपना देशव्यापी नेटवर्क बढ़ा रहे हैं और अपनी ग्लोबल पहुंच कायम करने की ओर अग्रसर हैं हमारी सरकार ने बैंकों के कारोबारी फैसलों में किसी तरह की दखलअंदाजी को समाप्त कर दिया है प्रधानमंत्री ने कंपनी जगत और बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों को भरोसा देते हुए कहा कि पुरानी कमजोरियों को दूर कर दिया गया है और लोग अब निवेश और खर्च के बारे में मजबूती से निर्णय ले सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से प्रदेश में शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा है कि लोग नागरिकता संशोधन कानून पर फैलाए जा रहे भ्रम और बहकावे में न आएं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्द है और प्रदेश पुलिस समी नागरिकों को सुरक्षा प्रदान कर रही है श्री योगी ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी भी तरह के उकसावे में न आने की अपील की साथ ही मुख्यमंत्री ने पुलिस को नागरिकता संशोधन कानून पर अफवाह और हिंसा फैलाने वाले लोगों को विन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है श्री योगी ने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने वाले उपद्रवी तत्वों की संपत्ति जब्त कर नुकसान की भरपाई की जाएगी मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों विशेष रूप से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के रवैये को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया है उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल अपने हितों के लिए नागरिकता संशोधन कानून के बारे में लगातार जनता के बीच भ्रम पैदा कर रहे हैं श्री योगी ने एक बार फिर कहा कि नागरिकता संशोधन कानून किसी जाति मत मजहब के खिलाफ नहीं है बल्कि यह प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा की गारंटी देता है उधर प्रदेश के कुछ स्थानों पर कल असामाजिक तत्वों ने शान्ति व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया लेकिन पुलिस ने तुरन्त स्थिति को नियंत्रण में कर लिया प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए संवेदनशील इलाकों में एहतियात के तौर पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गयी है राजधानी लखनऊ बरेली अलीगढ़ मेरठ मुजफ्फरनगर और सहारनपुर सहित विभिन्न जिलों में एहतियातन कल इंटरनेट सेवाएं रोक दी गई समाजवादी पार्टी कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों ने कल प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया बह्जन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में कल प्रदेश में हुई हिंसा की निन्दा की है उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी हिंसा और आगजनी का सम्थन नहीं करती और न ही इन घटनाओं में शामिल होती है बसपा अध्यक्ष ने कल बयान जारी कर कहा कि उनकी पार्टी नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करती है लेकिन किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करती उपराष्ट्रपति एम वैंकैया नायड् ने लोगों से कहा है कि वे जो भी करें राष्ट्रहित में करें और हिंसा से बचें नई दिल्ली में कल राहल अग्रवाल और भारती एस प्रधान द्वारा लिखित पुस्तक टर्वलेंस एंड ट्रियम्फ द मोदी ईयर्स के विमोचन के बाद श्री नायडू ने कहा कि विचारों का मतमेद ही लोकतंत्र की मूल भावना है लेकिन लोगों को इसके लिए शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध जताना चाहिए उप राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र की एकता और अखंडता तथा सुरक्षा सर्वोपरि है और लोगों को सकारालक तथा रचनात्मक विचारों के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए उन्होंने कहा कि लोगों को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे देश की छवि खराब हो सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कल एक परामर्श जारी कर टेलिविजन चैनलों से कहा है कि वे ऐसी सामग्री का प्रसारण न करें जिससे हिंसा फैलने की आशंका हो और राष्ट्र विरोधी दृष्टिकोण को बढ़ावा मिले मंत्रालय ने इससे पहले जारी एक परामर्श का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ टेलिविजन चैनल इसकी परवाह किए बगैर ऐसी सामग्री प्रसारित कर रहे हैं जो कार्यक्रम संहिता की भावना के अनुसार नहीं है सुवना और प्रसारण मंत्रालय ने अपने परामर्श का कड़ाई से पालन करने को भी कहा है मंत्रालय ने यह परामर्श नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन के बाद जारी किया है प्रदेश भर में कल आयोजित होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा टी ई टी दो हजार उन्नीस फिलहाल स्थगित कर दी गयी है शासन की ओर से कल प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इसकी जानकारी दी गई परीक्षा की अगली तिथि की घोषणा जल्द की जाएगी प्रदेश के सभी स्कूलों कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में आज अवकाश घोषित किया गया है प्रदेश सरकार की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से इसकी जानकारी देते हुए कहा गया कि आज राज्य के सभी स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय बंद रखने का निर्णय किया गया है केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत पेरिस समझौते का पालन करने वाले देशों में सबसे आगे है और बहुत जल्द अपना कार्बन उत्सर्जन कम करने का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा नई दिल्ली में कल संवाददातओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के लिए उत्सर्जन सधनता कम करने का लक्ष्य पैंतीस प्रतिशत रखा गया था और उसने इक्कीस प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया है भारत ने जो काम किया है पर्यावरण में जलवायू परिवर्तन को रोकने के लिए उसकी भूरि भूरि प्रशंसा की है

पर्यावरण मंत्री ने कहा कि इस बैठक में ऐसा कोई भी फैसला नहीं किया गया जिससे भारत के हितों को नुकसान पहंचे भाजपा के निष्कासित विधायक कूलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली की एक अदालत ने उन्नाव दुष्कर्म और अपहरण मामले में कल आजीवन कारावास की सजा सुनाई है अदालत ने अपने आदेश में पीड़ित परिवार को दस लाख रूपये मुआवजा देने और उस पर पच्चीस लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया है अयोध्या कचहरी सीरियल ब्लास्ट दो हजार सात मामले में विशेष अदालत ने कल अपना फैसला सुना दिया बारह साल पुराने इस मामले में अपर जिला न्यायाधीश अशोक कुमार ने दो आरोपियों तारिक काजमी और मोहम्मद अख्तर को उम्रकैद की सजा सुनाई प्रकरण के तीसरे आरोपी सज्जाद्दर्रहमान को बरी कर दिया विशेष अदालत ने दोष सिद्ध दोनों आरोपियों को धारा तीन सौ दो और एक सौ बीस बी के अन्तर्गत उम्रकैद और पचास पचास हजार रूपये जुर्मने तथा धारा तीन सौ सात के अन्तर्गत दस साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गौरतलब है कि विस्फोट कांड के चौथे आरोपी की मुकदमे के दौरान मौत हो गई थी तेईस नवम्बर दो हजार सात को अयोध्या सहित वाराणसी और लखनऊ की कचेहरी में सीरियल ब्लास्ट हुए थे

प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से सात से नौ डिग्री नीचे चला गया है अधिकतम तापमान में भी सामान्य से एक से चार डिग्री की कमी दर्ज की गई